कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा गतिविधियों की पर्याप्तता के माध्यम से राज्य के लोगों को निस्वार्थ सेवा और समर्थन प्रदान करने पर भारतीय सेना की प्रंशसा की राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कहा ऐसे संत्यक्त प्रयास नागरिकों के बीच सुरक्षा के भावना को बढ़ावा देता है और सुरक्षा बलों एवं स्थानीय लोगों के बीच विश्वास को मजबूत करता है दो दिवसीय के इस उत्सव का आयोजन स्थानीय प्रशासन और सैनिक छावनी ने मिलकर किया है पापुम पोमा नदी उत्सव दो हजार अटठारह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिज् ने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता पंरपरा और संस्कृति को संरक्षित रखने पर जोर दिया उन्होंने कहा पर्यटक अरुणाचल प्रदेश और प्र्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में उन्हीं सुंदरताओं को तलाशते है श्री रिजिजू ने कहा इस उत्सव की अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की संभावना है वशर्ते स्थानीय लोगों को अपना समर्थन बढ़ाना होगा केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत शहरी इकालों में रहने वाले लोगों के लिए दो लाख से अधिक किफायती आवास बनाने की मंजूरी दे दी है इस तरह अब योजना के अंतर्गत से स्वीकृत आवासों सहित पैंसठ लाख से अधिक मकान बनाए जाएंगे आज नई दिल्ली में केंद्र स्वीकृति और निगरानी समिति की चालीसवीं बैठक में इन नयी आवासीय इकाइयों के निर्माण की मंजूरी दी गई एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि महाराष्ट्र में सोलह हजार और कर्नाटक में इकतीस हजार बिहार में छब्बीस हजार और तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर में पंद्रह पंद्रह हजार से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जायेगा राज्य मुख्य सचिव सत्यगोपाल ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य में भर्ती प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है आयुक्तों और सचिवों के साथ विभिन्न विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों की समीक्षा करते हुए उन्होंने यह बात कही मुख्यसचिव ने कहा बोर्ड के माध्यम से भर्ति राज्य सरकार के जनादेश को पादर्शिता योग्यता और सामान अवसर के आधार पर पूरा करेगा उन्होंने बताया कि बोर्ड को एक सप्ताह पहले रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि आगामी दिसंबर महीने के दौरान विज्ञापन जारी किया जा सके उच्चतम न्यायालय ने पच्चीस वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को नीट की परीक्षा देने की अनुमति दे दी है यह फैसला देशभर में दो हजार उन्नीस में होने वाली एमबीबीएस और बीडिएस में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा पर लागू होगा साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सीबीएसई के फैसले की वैधता से संबंधित मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा उच्चतम न्यायालय ने नीट के लिए आवेदन की समय सीमा कल यानी शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है भारत के रॉकेट पी एस एल वी ने आज सवेरे आधुनिक भू पर्यवेक्षण उपग्रह हाईसिस को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया है यह प्रक्षेपण श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सवेरे नौ बजकर सत्तावन मिनट तीस सैकेंड पर किया गया पी एस एल वी आठ देशों का एक माइक्रो उपग्रह और उनतीस नैनो उपग्रह भी लेकर गया है इनमें एक माइक्रो उपग्रह सहित तेईस उपग्रह अमरीका के है इनके अलावा एक एक ऑस्ट्रेलिया कनाडा कोलम्बिया फिनलैंड मलेशिया नीदरलैंड और स्पेन का है हाईसिस अनेक फ्रिक्वेंसियों से समूची पृथ्वी की तस्वीरें भेजेंगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका वजन तीन सौ अस्सी किलोग्राम है और यह पांच वर्ष से अधिक समय तक काम कर सकता है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पीएसएलवीं तैंतालीस की इस सफलता पर इसरो को बधाई दी है उन्होंने एक टवीट में कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है इंदरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय इग्नू की टर्म एण्ड परीक्षा एक दिसंबर से इकतीस दिसंबर तक आयोजित की जायेगी

छात्रों को परीक्षा के दौरान विश्व विद्यालय द्वारा जारी आईडेंटीटी कार्ड लेकर आने को कहा गया है